जबलपुर जिला कलेक्टर ने निजी अस्पतालों में नये आईसीयू वार्ड बनाने और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये हैं हमारे टीकमगढ़ संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला वहीं तीन लोग स्वस्थ होकर घर लौट गये

कोरोना देश केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया के देशों की तुलना में भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति दस लाख आबादी पर काफी कम है मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है और इस समय यह एक दशमलव पांच एक प्रतिशत है मंत्रालय ने कहा कि यह इस बात का सूचक है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों ने कोविड की रोकथाम जांच और उसके उपचार के मामले में प्रभावशाली कदम उठाए हैं

भाजपा कांग्रेस के साथ ही बसपा और सपा के वरिष्ठ नेता जनसभाओं और जनंसपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल खंडवा जिले के मोहना में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया वहीं केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल भांडेर विधानसभा के पारासरी में बूथ सम्मेलन को संबोधित किया पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी कल आगर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया कुपोषण जबलपुर जिले में कुपोषण दूर करने के लिए कम वजन के बच्चों का डेटा बेस तैयार किया जायेगा इसके लिए जल्दी ही सर्वे शुरू होगा इसके तहत जिला कलेक्टर ने डेटा बेस तैयार करते समय माता पिता की आय आय का साधन और उपलब्ध सुविधाओं को भी दर्ज करने के निर्देश दिये हैं यदि बच्चे के माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब है तो अलग अलग विभागों से समन्वय स्थापित कर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के भी जिला कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं जन आंदोलन अपील प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना से बचाव के लिए शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है समाज में प्रभावी भूमिका निभाने वाले लॉगों ने भी जनजागरूकता के प्रयास तेज कर दिये हैं